मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है उन्होंने बताया कि मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं मतगणना स्थलों की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्यभर में अर्द्वसैनिक बलों के चार हजार जवान तैनात रहेंगे जबकि बाहर ही सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के जवान देखेंगे

मतगणना को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि मतगणना के लिए सभी जिलों में मतगणना प्रभारी मतगणना कार्य पर निगरानी रखेंगे वहीं कांग्रेस के कई नेता भी मतगणनास्थलों पर व्यवस्था और चुनाव परिणाम के कार्य पर नजर रखेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि पुनर्मदान में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की है

मिड डे न्यूज दोपहर बाद दो बजे से ढाई बजे तक और दोपहर समाचार ढाई बजे से तीन बजे तक प्रसारित होगा

आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आनन्द शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीपीआई नेता डी राजा टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता बैठक में मौजूद थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा ऊपरी सदन की सुचारु कार्यवाही सुनिश्चित करने में आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है विपक्षी दलों की भी राज बैठक होने वाली है जिसमें सरकार को र्घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है वे भारतीय जनता पार्टी के नेतत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो रहे हैं

उन्होंने कहाकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए सचिवों की एक समिति बनायी गयी थी और उसकी सिफारिशों के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने आज इस संबंध में दायर अजय शंकर दुबे की याचिका को खारिज कर दिया

झालावाड में सामुदायिक केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिला चिकित्सालय और शहरी प्राथमिक स्वासथ्य केन्द्रों में गर्भवर्ती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान की गई करीब डेढ हजार गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई

उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी वीरता शौर्य और बलिदान को याद किया गया

यह पहली बार है जब भारत ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सीरीज का पहला टेस्ट जीता है